नई दिल्ली स्थित संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में अब से कुछ देर पूर्व एनडीए के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने श्री मोदी को संसदीय दल का नेता चुने जाने का प्रस्ताव रखा जिसका भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने समर्थन किया इसके बाद श्री शाह ने श्री मोदी को भाजपा संसदीय दल के नेता चुने जाने की घोषणा की इसके बाद शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल जदयू नेता नितिश कुमार शिवसेना नेता उद्वव ठाकरे सहित भाजपा के अन्य सहयोगी दल के नेताओं ने समर्थन किया बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवानी सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे श्री मोदी द्वारा आज आज रात आठ बजे राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करने की संभावना है दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए आज पार्टी की कार्यसमिति सीडब्ल्यूसी की बैठक में पद से इस्तीफे की पेशकश की बैठक में मौजूद सदस्यों ने इसे दुकरा दिया और प्रतिकूल परिस्थिति में उनसे नेतृत्व करते रहने का आग्रह किया पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में श्री गांधी को पार्टी संगठन के पुनगर्ठन के लिए अधिकृत किया गया मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सत्रहवीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची सौंप दी श्री अरोड़ा ने दोपहर साढ़े बारह बजे श्री कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की और उन्हें सत्रहवीं लोकसभा के सदस्यों के चुने जाने संबंधी अधिसूचना की प्रति भेंट की उनके साथ चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चन्द्र भी थे श्री कोविंद ने श्री अरोड़ा को देश में सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न होने पर बधाई दी उन्होंने आयोग के सदस्यों अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा सुरक्षाकर्मियों की भी तारीफ की जिनके प्रयासों और मुस्तैदी से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में शांतिपूर्ण निष्पक्ष ढंग से चीनाव संपन्न हो सके राष्ट्रपति ने देश के करोडों मतदाताओं को भी बधाई दी जिन्होंने चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और संविधान तथा लोकतांत्रिक परम्पराओं को बनाये रखा इससे पहले राष्ट्रपति ने सोलहवीं लोकसभा को भंग करने की मत्रिमंडल की सिफारिश मंजूर कर ली और इस तरह सोलहवीं लोकसभा आज भंग कर दी गयी

बहजन समाज पार्टी को एक दशमलव शून्य सात प्रतिशत वोट से संतोष करना पडा है जबकि एक दशमलव शुन्य एक प्रतिशत मतदान नोटा के पक्ष में हुआ है

वहीं कांग्रेस सरकार के ज्यादतर मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्रों में भी पार्टी को नहीं जिता पाये

लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचण्ड बहमत मिलने के बाद देश के सिनेमा खेल कला और साहित्य की नामचीन हस्तियों द्वारा शुभकार्मनाएं दी जा रही है खेल जगत से रवि शास्त्री विराट कोहली देवेन्द्र झाझड़िया बॉक्सर मैरीकॉम ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री को बधाई प्रेषित की है वहीं माध्री दीक्षित सलमान खान और शारूख खान समेत कई फिल्मी सितारों ने प्रधानमंत्री कोउनके सफल कार्यकाल के लिए बधाई दी है

प्रधानमंत्री ने टिवटर पर इन सभी हस्तियों का बंधाई और शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है साथ ही भरोसा दिलाया है कि वे लोगों की भावनाओं के अनुरूप एक नये भारत का निर्माण करने के लिए संकल्पित हैं वाईएसआर कांग्रेस अध्यक्ष वाई एस जगन मोहन रेड़डी ने आज आंध प्रदेश और तेलंगाना के राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश में सरकार बनाने का दावा पेश किया इससे पहले विजयवाड़ा में वाईएसआर कांग्रेस के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया

एसओजी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एसओजी के दल ने मुंबई अहमदाबाद सिरोही गूड़गांव और जयपूर सहित विभिन्न स्थानों पर छापे मार कर आरोपियों को गिरफ़तार किया सोसायटी द्वारा निर्वशकों के धन की हेराफेरी की सूचना पर एसओजी ने पिछले वर्ष जुलाई में जांच शुरू की थी पिछले वर्ष दिसम्बर में मामला दर्ज किया गया था

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज से जयपुर में पैनल अधिवक्ताओं का दो दिन का प्रशिक्षण शुरू हुआ प्राधिकरण की जयपुर निदेशक अर्चना मिश्रा ने बताया कि इस प्रशिक्षण में बच्चों के लिए कानूनी सहायता और उनसे संबंधित कानूनों की जानकारी दी जाएगी

अजमेर जिले के अरांई पंचायत समिति के बोराड़ा थाना क्षेत्र में खदान ढहने से उसमें दबे श्रमिक को निकालने के लिये आज दूसरे दिन भी प्रयास जारी है मौके पर बचाव और राहत दल मुस्तैदी से काम कर रहा है लेकिन खदान के गहरा होने और उसमें जाने का रास्ता सकड़ा होने के कारण खान में दबे मजदूर को निकालने में अभी सफलता नहीं मिली है गुजरात के सूरत में हुए कोचिंग अग्निकांड को देखते हुए अलवर नगर परिषद के एक दल ने आज निजी कोचिंग और व्यवसायिक संस्थानों का मुआयना करके सुरक्षा व्यवस्था की जांच की अग्निशमन अधिकारी अमित कुमार के नेतृत्व में गठित दल ने निजी और व्यवसायिक संस्थानों में सुरक्षा के इंतजामों का निरीक्षण किया

साथ ही पशुओं का गलघोटू बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण किया गया

राज्य में गर्मी का असर लगातार बढ रहा है तेज धूप और लू से जनजीवन पर असर पड़ रहा है

तुर्की के अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप में भारत के रजत चौहान अभिषेक वर्मा और अमन सैनी की पुरूष कम्पाउंड टीम ने कांस्य पदक जीता

महिला टीम भी कांस्य पदक की दौड़ में थी लेकिन ज्योति सुरेखा वेन्नाम मुस्कान किरार और स्वाति दुधवाल ग्रेट ब्रिटेन की टीम से दो अंक से हार गयी